इससे राज्यों के राजस्व में तीन से चार प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह राशि आनुपातिक आधार पर राज्यों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी प्रदेश में नशा तस्करी रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाएगी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला में बताया कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्ग्रेनाइज्ड काइम एक्ट मकोका की तर्ज पर हकोका लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार महाराष्ट्र में लागू ठोस कानून का अध्ययन कर उसे लागू करेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि हकोका लागू होने के बाद संगठित तरीके से किए जा रहे नशे के अपराध पर लगाम लगाई जा सकेगी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र ने प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद करने को स्वीकृति दे दी है केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में कल एक अधिसूचना जारी कर दी है ट्रिब्यूनल भंग होने के बाद अब कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा राज्य सरकार ने सेवानिवृत ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर को हिमाचल भूतपूर्व सैनिक निगम का अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया है

भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और भूस्खलन से चार दर्जन से अधिक सड़कें अवरूद्व हो गई हैं

इन्हें बहाल करने के लिए मशीनरी लगाई गई हैं राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में भी रूक रूक कर वर्षा का कम जारी है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद करने पर केंद्र की मुहर संबंधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है वकीलों के विरोध के बीच प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने भी लगाई मुहर अधिसूचना जारी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग केंद्र ने स्वीकारा हिमाचल सरकार का आग्रह दैनिक जागरण की सुर्खी है केंद्र की मुहर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद

दैनिक सवेरा टाईम्स के शब्द हैं निवेश में लापरवाही पर नपेंगे अफसर मकोका की तर्ज पर आएगा कानून शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है नशे की तस्करी पर और सख्त हुई प्रदेश सरकार

पत्र की एक अन्य खबर है वीवीपैट से वोटों का नहीं हुआ मिलान दिल्ली से आई ईसी की टीम ने की जांच

आपका फैसला की सुर्खी है भारी बारिश के चलते घरों में घुसा मलबा कई सड़कें बंद

दैनिक सवेरा टाईम्स के अनुसार हिमाचली बॉक्सर अंतर्राष्ट्रीय खिताबी जीत से एक पंच दूर